यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ गोविन्द सिंह डोटासरा और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित कई मंत्रीगण और गणमान्य लोग मौजूद है देश ने केवल एक महीने में एक करोड़ से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करके रिकॉर्ड बनाया है

इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण से छूटे हैल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के टीकाकरण के लिए आज मॉपअप राउंड आयोजित किया जा रहा है जालौर जिले में पंचायती राज के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगे कार्मिकों और अध्यापकों का आज भी टीकाकरण किया जा रहा है

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान मांग करेंगे तो सरकार कानून की हर धारा पर चर्चा करेगी उन्होंने कहा कि बजट में क्रषि क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है अलवर मिलिट्री स्टेशन के इटाराना पैलेस में आज दक्षिण पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया

जोधपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के नए मास्टर प्लान पर मुहर लगा दी है

इसके बाद यह लागू होगा यह शहर का तीसरा मास्टर प्लान होगा सवाई माधोपुर जिले में आज उद्योगराजकीय उपक्रम और जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा दौरा कर रहे हैं इस अवसर पर उन्होंने जन सुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुने

उदयपुर सिटी और खजुराहो के बीच चलने वाली विशेष रेलगाड़ी आज से फिर शुरू होने जा रही है रोजाना चलने वाली इस गाड़ी में आरक्षित वर्ग के यात्री ही सफर कर पाएंगे

छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिवाजी को श्रद्वांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शिवाजी का अदम्य साहस पराकम और बुद्विमता देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक़मों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं राज्य में आगामी दो दिनों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है विभाग ने आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है